पीएम जलवायु परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान की रोकथाम में उल्लेखनीय प्रयास किये हैं कल न्यूयॉर्क में संयक्त राष्ट्र जलवाय परिवर्तन शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए अमी बहत कुछ किया जाना है इसे जन आंदोलन बनाने का समय आ गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा विकल्पों के क्षेत्र में भारत ने अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करते हए महत्वपूर्ण प्रगति की है सरकार ने पंद्रह करोड परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस उपलब्ध कराई है श्री मोदी ने जल संसाधनों के विकास के लिए जल जीवन भिशन का भी उल्लेख किया उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से आपदा से निपटने की बूनियादी तैयारी में सहयोग के उद्देश्य से गठित गठबंधन में शामिल होने का आग्रह किया जलवायू सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कवरेज पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित किया बैठक का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तीय और राजनीतिक सहयोग प्राप्त करना था नई पहल यूएन संयुक्त राष्ट्र जलवायू कार्रवाई शिखर सम्मेलन में दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जित करने वाले उद्योगों को कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करने के लिए एक नई पहल शरू की गई है भारत और स्वीडन के साथ अर्जेन्टीना फिनलैण्ड फ्रांस जर्मनी आयरलैण्ड लग्जमबर्ग हॉलैण्ड दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन की कंपनियों के एक समूह ने उद्योगों में इस तरह के बदलाव लाने के लिए एक नये नेतृत्व समूह की घोषणा की है

इस सम्मेलन में पिछले वर्ष इन्वेस्टर्स समिट में सम्पादित एमओयू की ग्राउन्डिंग करने वाले निवेशकों के साथ ही राज्य में उद्योग स्थापित करने वाले और नई इकाईयां लगाने के इच्छुक निवेशकों को भी आमंत्रित किया गया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट में एमओयू करने वाले उद्यभियों के साथ परिचर्चा कर उनकी परियोजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति और अनुभव साझा किए जाएंगे ऐसे उद्यमी जिन्होंने अभी एमओयू का क्रियान्वयन नहीं किया है उनकी मस्याओं के बार्र में जानकारी प्राप्त कर समाधान किया जाएगा

सम्मेलन के दूसरे दिन को सूक्ष्म एवं लघू उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के संबंध में परिचर्चा की जाएगी समाज कल्याण बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने छात्रवृत्ति के भूगतान में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए छात्रवृत्ति के लिए समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिये हैं देहरादून में समाज कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण एवं परिवहन विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापरक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है उन्होंने समाज कल्याण विभाग ँकी ऐसी भूमि जिसका वर्तमान में सही सदपयोग नहीं हो रहा है उसका ब्यौरा भी मांगा है

साथ ही उप समितियों की रिपोर्ट सीपीए की मेंबरशिप रिपोर्ट और सीपीए की वार्षिक रिपोर्ट कार्यकारी समिति के समक्ष रखी गयी

राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है हरिद्वार में जिले को कुपोषण मुक्त जनपद बनाने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा कि जिले में कपोषित बच्चों की संख्या में बढोतरी देखने को मिल रही है उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत बच्चों के लिए फल दूध और सब्जियां भरपूर मात्रा में बांटे गए हैं

उन्होंने कहा कि इसी को देखते हुए राज्य सरकार का प्रयास है कि कपोषित और अतिकपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों से टीएचआर मिले उन्होने बताया कि राज्य सरकार ने इस अभियान को जनआंदोलन बनाने के लिए कृपोषित बच्चों को गोद लेने की शुरुआत की है

कार्यक्रम में पोषक सामग्रियों और दवाइयों की प्रदर्शनी भी लगाई गई त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रदेश में हरिद्वार जिले के अलावा शेष सभी जिलों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था आज बडी संख्या में लोगों ने अपना नामांकन किया कई लोग ् ढोल नगाडों और जलस के साथ नामांकन भरने पहुंचे वहीं सभी जगह चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं निर्वाचन अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थलों का चिह्नीकरण भी किया गया है

टिहरी हादसा टिहरी जिले के छतियारा खवाड़ा मार्ग पर घनसाली की ओर जा रहा एक वाहन गहरी खाई में जा गिरा

घायलों को सीएचसी बेलेश्वर लाया गया जहां से चार गंभीर घायलों को हायर सेंटर भेजा गया है इस वाहन में सवार लोग त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन करने जा रहे थे सूचना मिलते ही एसओ घनसाली और एस डी आर एफ की टीम मौके पर पहुंची स्थानीय लोगों की मदद से मृतकों के शव और घायलों को खाई से निकाला गया